चंदौली ज़िले के पड़ाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने देश हित में सभी ज़रूरी और कड़े फैसले लिए हैं और वह इन निर्णयों पर कायम रहेगी इस अवसर पर उन्होंन पण्डित दीन दयाल उपाध्याय स्मारक केन्द्र राष्ट्र को समर्पित किया श्री मोदी ने पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की तिरसठ फुट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया देश में यह पण्डित दीन दयाल की सबसे बड़ी प्रतिमा है इस अवसर पर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा बाइटआज यहां जो स्मृति स्थल बना है उद्यान बना है उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की गयी है इसके आने वाली पीढ़ियों को भी दीनदयाल जी के आचार और विचार से प्रेरणा मिलती रहेगी भाइयों बहनों जिनके दिल में दलित पीड़ित शोषित वंचित दबे कुचले समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए दर्द है अनुकम्पा है ऐसे सभी के लिए यह भूमि प्रेरणा भूमि है प्रेरणा स्थली है जो देश के रंग में रंगे हुए हैं जिनके जीवन में दल से ऊपर देश है स्व के बदले समस्ती की चिन्ता है ऐसे देशभक्ति के रंग में रंगे हुए देश की कोटि कोटि जनों के लिए यह तीर्थ क्षेत्र है

प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे में वाराणसी के जगम वाणी मठ में श्री जगद्ग़रू विश्वाराध्य गुरूकुल के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में भी शामिल हुए कार्यक्रम में श्री मोदी ने श्री सिद्धान्त शिखामणि ग्रन्थ के उन्नीस भाषाओं में अनूदित संस्करणो और ग्रन्थ के एक मोबाइल एप को भी जारी किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के संस्कारों और मूल्यों से बनता है बाइट हमारे यहां राष्ट्र सत्ता से नहीं संस्कृति और संस्कारों से सूजित हुआ है यहां रहने वाले लोगों के सार्मथ्य से बना है हमारे यहां मंदिर हो बाबा विश्वनाथ सहित देश के बारह ज्योतिर्लिंग हो चार धाम हो या वीर शैव सन्त्रदाय के पांच महापीठ हो ये सारे धाम आस्था और आध्यात्म के ही केन्द्र नहीं है बल्कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के भी मार्गदर्शक है कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेल पटेल मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं कर्नाटक के मूख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा भी मौजुद थे दीनदयाल हस्तकला संकल में काशी एक रूप अनेक की थीम पर आयोजित सांस्कृतिक कला और हस्तकला प्रदर्शनी का शुभारम्भ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारम्परिक हस्तकला को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए सभी तकनीकी और जरूरी सहयोग कर रही है और इससे भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में भी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में सरकार की सभी प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं और इससे देश के औद्योगिक विकास का ख़ाका भी तैयार हुआ है छः महीने के अन्तराल के बाद वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरन्द्र मोदी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र को एक हजार दो सौ करोड़ रुपये से अधिक लागत की पचास विकास परियोजनाओं की सौग़ात दी आज जिन परियोजनाओं की श्रूआत की गयो उनमें चार सौ तीस शैय्याय्क्त स्पर स्पेशियालिटी अस्पताल मानसिक रोग अस्पताल तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वैदिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना शामिल है श्री मोदी ने वाराणसी को उज्जैन और ओंकारेश्वर से जोड़ने वाली महाकाल एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया

उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट तैयार करते समय राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम दो हजार तीन को ध्यान में रखा गया और इसका पालन किया गया वे जन जन का बजट दो हजार बीस इक्कीस के दूसरे चरण में हैदराबाद में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहीं थीं उन्होंने कहा कि बजट तैयार करते समय सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों के लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया था व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के जवाब में वित्तमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र पर काफो ध्यान दे रही है उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लाभ के लिए कई उपाय किए गए हैं

कल लखनऊ में इस सम्बन्ध में हुई बैठक के दौरान श्री शर्मा ने अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था को निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्रोंसंकलन केन्द्रों आर मूल्यांकन केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किये जाय इसके अलावा नकल कराने वाले गिरोहों पर गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून एनएसए के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये उपमुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग से परीक्षा केन्द्रों के आसपास एम्बुलेंस सेवा मुस्तैद रखने और आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने को कहा है डॉ शर्मा ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के परीक्षार्थियों को किसी तरह की आने जाने की दिक्कत न हो इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की मांग पर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विशेष बसें चलायी जायें इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर अनवरत बिजली सप्लाई पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था तथा साफ़ सफ़ाई के निर्देश भो दिये हैं ये बोर्ड परीक्षाएं अट्ठारह फ़रवरी से शुरू हो रही हैं

श्री शर्मा कल लखनऊ जिले की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना विभाग की पहली प्राथमिकता है और इस उददेश्य को पूरा करने लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए ताकि लोगों को अनवरत् बिजली आपूर्ति मिल सके उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर ज़ीरों टॉलरेन्स की नीति पर काम रही है इस लिए किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रात में बिजली चोरी के ख़िलाफ चेकिंग अभियान चलाया जाये और दोषियों की वीडियोग्राफी करायी जाये श्री शर्मा ने गर्मी के मददेनज़र बिजली आपूर्ति से सम्बन्धित अधूरे कामों को इकत्तीस मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिये उर्जा मंत्री ने बिजली बिल समय से अदा न करने वाले बड़े बकायादारों का कनेक्शन जल्द काटने के साथ साथ ऐसे उपभोक्ता जो साल भर बिजली बिल नही जमा करते है उन्हें चिन्हित करने का निर्देश दिया